मास्क पहनें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

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों के लिए शिक्षण अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने की विश्व बैंक समर्थित परियोजना स्टार्स को मंजूरी दे दी है इस परियोजना में शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए राज्यों को शिक्षा से संबंध रखने वाली परियोजना के विकास क्रियान्वयन मूल्यांकन और सुधार की व्यवस्था है

उन्होंने कहा कि स्टार्स परियोजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत लागू किया जायेगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि छह राज्य हिमाचल प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश केरल और ओडिशा इसके अन्तर्गत आएंगे श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है और नई शिक्षा नीति की नई शुरूआत है उच्चतम न्यायालय के फैसले से झारखंड के करीब आठ हजार शिक्षकों और अभ्यर्थियों की उम्मीद जगी है सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है

उन्होंने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक पचासी हजार तीन सौ चौदह लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

राज्यपाल द्रौपदी मूर्म ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को तीन मंत्र दिए है उन्होंने लोगों से मास्क लगाने आपस मे दो गज की दुरी रखने और हाथों की सफाई करने की अपील की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संकमण से बचाव की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा समय में जागरूकता ही इस बीमारी का इलाज है केंद्र सरकार ने आज कहा कि खान और खनिज क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका है और कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान आवश्यक सेवा के रूप में इसकी भूमिका को स्वीकार किया गया है एक समारोह में खान सचिव अनिल कुमार जैन ने कहा कि कृषि की तरह खान और खनिज क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत केन्द्र ने मई में खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने और अन्य सुधार की घोषणा की थी

नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो ने कहा कि उन्होंने अपने दो बार के कार्यकाल में जो काम किया है उसे आधार बनाकर चुनाव में जाएंगे

इधर कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल ने कहा कि युवाओं के लिये रोजगार की व्यवस्था सुनिष्वित कराने की दिषा में वे काम करेंगे उन्होंने कहा कि बेरमो विधानसभा के लोग जात पात और समुदाय से ऊपर उठकर वोट करते हैं

श्री मरांडी ने आज दुमका में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उपचुनाव की लड़ाई भी इसी दिशा में है दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है चुनाव में दलीय मुकाबले को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन और भाजपा की उम्मीदवार लुईस मरांडी के बीच मुकाबला होना तय है इन दोनों के अलावा तीन और उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है

उन्होंने बताया कि इन सभी की गिरफ्तारी जसीडीह थाना क्षेत्र के राजाडीह और धाबातांड़ गांव में तथा देवीपुर थाना क्षेत्र के ढकधका गांव से हुई

अदालत ने फैसले वाले दिन सभी दोषियों को मौजूद रहने का निर्देश दिया है इस मामले में राय के अलावा कोयला मंत्रालय के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम तथा कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी दोषी ठहराया है दोषियों के वकील ने अदालत से उनके मुवक्किलों की उम्र और सेहत को देखते हुए सजा में नरमी का आग्रह किया था जबकि सरकारी पक्ष ने अधिक से अधिक सजा देने पर जोर दिया

बताया गया है कि आरोपी ठेकेदार ने फर्जी पेपर के आधार पर सड़क निर्माण का टेंडर हासिल किया था पथ निर्माण विभाग द्वारा जिले के फिरोजपुर भगैया और मेहरमा बुधासन सड़क निर्माण की जिम्मेवारी संवेदक दिनेष सिंह को सौंपी थी

उनकी निशानदेही पर चोरी की पांच मोटरसाइकिलें भी जब्त की गयी है